्र प्रदेश में घूंघट में मतदान करने के लिए आने वाली महिलाओं की पहचान के लिए हर मतदान केन्द्र पर दो महिला कार्मिकों की नियुक्ति ् एयर इंडिया के सर्वर में कल तकनीकी समस्या के बाद उड़ानें फिर सामान्य हुईं

इस चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा ड्रंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां संसदीय क्षेत्रों में मतदान किया जायेगा

प्रशासन ने शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं अधिकांश जगह पर मतदान दल रवाना हो चुके हैं चुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में रहेंगे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड जवान तैनात रहेगा अन्तर्राज्यीय सीमा पर नजर रखने के लिए पडोसी राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त जांच की व्यवस्था की गई है

राहल गांधी कल दोपहर सरदारशहर पहुंचेंगे जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा सरदारशहर में दो मई को होगी एक मई और तीन मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जयपुर और बीकानेर में चुनावी सभा को सम्बोधित करने आयेंगे इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अलवर और भरतपुर में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगी

श्री गहलोत इस दौरान सरपंचों से जमीनी मृद्दों के बारे में व्यापक विचार विमर्श करेंगे मुख्यमंत्री इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे गौरतलब है कि पहले चरण का प्रचार थमने के बाद जिले के कांग्रेस प्रत्याशी इस समय मतदाताओं से घर घर जाकर सम्पर्क कर रहे हैं

आयोग ने इस बारे में फेसबुक ट्वीटर और गूगल को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है

उदयपुर संसदीय क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसम्पर्क कर रहे हैं

कल सर्वर ठप्प होने के कारण दुनियाभर में एयर इंडिया की उड़ानों में बाधा आई थी

मौसम विभाग ने अगले दो दिन में लू की चेतावनी जारी की है इधर सीकर में तेज गर्मी को र्देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह साढे सात बजे से दोपहर बारह बजे तक कर दिया है